मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हुई मध्य एशिया के किसी देश के साथ यह भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक थी इसमें दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहुलओं पर चर्चा की

बैठक की शुरूआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दो समृद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बीच प्राचीन काल से ही सम्पर्क बना हुआ है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों और संभावनाओं की समझ के बारे में दोनों देशों की सोच में काफी समानता है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ संबंध हैं उन्होंने कहा कि उग्रवाद कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं उग्रवाद कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं

क्षेत्रिय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरियां है हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रकिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई स्वामित्व और नियंत्रण में है प्रदेश सरकार राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये बीस लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त उपलब्ध करायेगी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर में आयोजित पूर्वांचल का सतत विकास मुद्दे रणनीति और भावी दिशा विषयक एक वेबिनार और संगोष्ठी के द्सरे दिन आज कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लगातार प्रयास कर रही है और पूर्वांचल में सब्जियों और फलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है उन्होंने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र में बागवानी के लिये असीम संभावनाएं है उन्होंने कहा कि जहां अनाज छह महीने में तैयार होता है वहीं सब्जियां दो तीन महीने में तैयार हो जाती है ऐसे में यह ज्यादा लाभप्रद हो सकती है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे वे बागवानी से ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित कर सके श्री शाही ने कहा कि किसानों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें तकनीकी की अद्यतन की जानकारी नहीं है उन्होंने बताया कि कृषि में विविधीकरण और मल्टीक्रापिंग समय की मांग है और इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है हाल ही में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेन्टर वाराणसी में खोला गया है आलू के लिये इंटरनेशल पोटेटो रिसर्च सेन्टर का भी एक केन्द्र खोलने के प्रयास जारी है उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में तीन हजार करोड़ रूपये की धनराशि कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि संस्थाओं को दी गई है किसानों की सहूलियत के लिये मंडी शुल्क को दो से एक फीसद पहले ही कर दिया गया है नये कृषि कानूनों को लेकर बलरामपुर में किसान काफी आशान्वित और उत्साहित है वे केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम को किसानों के हित में मान रहे है किसानों का कहना है कि अब उनको उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा एक रिपोर्ट कृषि बिल को लेकर भले ही कुछ किसानों और राजनैतिक पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो लेकिन बलरामपुर में किसान कृषि बिल को सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं किसानों ने कहा कि चाहे अपने फसल बेचने की बात हो या फिर उन्नतशील खाद व बीज उपलब्ध कराने की बात हो कृषि बिल से किसानों को लाभ मिलेगा किसान कानून को लेकर उत्साहित देखे जा रहे हैं किसान सन्तोष ने कहा कृषि बिल जो मोदी सरकार ने यह लागू किया है यह किसान के फायदे के लिए है हम अपने फसल को कहीं भी बेंच सकते हैं जहां अधिक दाम मिलेगा वहीं हम बेचेंगे और बिचौलिए का सहारा इसमें नहीं लेना पड़ेगा हम सरकार के इस कार्य से सहमत हैं किसानों का कहना है कि हम अब अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिये स्वतंत्र है जिससे फसलों को खरीदने वालों में स्फर्धा बढ़ेगी और दलालों से हमें छुटकारा मिलेगा

उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है अधिकारीगण क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करे और समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाये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

वहीं प्रदेश में भी कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है

वहीं मृत्यूदर में भी कमी आई है और यह एक दमलशव चार दो प्रतिशत के नीचे पहुंच गई है

प्रदेश में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है

लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कल राज्य में लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा इन लोक अदालत में बैंक वसूली वाद मोटर दुर्घटना विद्युत किरायेदारी मोबाइल फोन केबिल नेटवर्क आयकर और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है लखनऊ में कल दस बजे से पारिवारिक न्यायालय और मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा अयोध्या में भी कल मेगा लोक अदालत का आयोजन कर वादों का निपटारा किया जायेगा जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारो ने बताया कि इन अदालतों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वादों क त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास किया जाता है